प्रदेश में अब तक सत्ताईस लाख दो हजार से अधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं

और पटना एयर पोर्ट से अब हर दिन छियानवे विमान उड़ान भरेंगे

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनायें राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करें इन केन्द्रों की टीम चौबीसों घंटे संक्रमण के फैलाव वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी राज्यों को मामलों के मानचित्रण क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मूख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके सुरक्षित और कारगर हैं उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कल से देशभर में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा

आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए समी केन्द्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं देश में कोविड उन्नीस संक्रमण का पहला मामला मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरुकता फैलाने में आगे रहा है आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च महीने में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरुकता श्रृंखला शुरू की इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर चुके हैं कल इस श्रृंखला की तीन सौ पचासवीं कड़ी प्रसारित की गई इसमें नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड उन्नीस कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने हिस्सा लिया और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए डॉक्टर पॉल ने आशा व्यक्त की कि पैंतालीस वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का कल से शुरू हो रहा चरण इस महामारी की रोकथाम में काफी प्रभावी रहेगा

इसमें बाईस लाख बहत्तर हजार छह सौ इक्यानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख उनतीस हजार छह सौ बहत्तर लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है इधर देश में कोविड टीकाकरण की कुल संख्या छह करोड़ चौबीस लाख के आंकड़े को पार कर गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि साठ वर्ष से अधिक आयु के दो करोड़ नब्बे लाख से अधिक लाभार्थियों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के इकहत्तर लाख से अधिक लाभार्थियों को अब तक टीका लगाया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चौहत्तर नये मामलों की प्रष्टि हुई है सबसे अधिक उन्नीस मामले पटना से सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से ग्यारह और सीवान से नौ पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंसठ हजार दो सौ अड़सठ हो गयी है

स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत है वर्तमान में एक हजार चार सौ पचपन मरीजों का उपचार चल रहा है पटना में सबसे अधिक छह सौ दो मरीज इलाजरत हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना सैम्पल की जांच बढ़ाने और संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये लोगों की तलाश पर जोर दिया है सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि संक्रमितों के सम्पर्कों की तलाश से कोरोना को नियंत्रित करने और फैलने से रोकने में मदद मिलेगी उन्होंने टीकाकरण की गति में भी तेजी लाने का भी निर्देश दिया इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नये कोरोना संक्रमितों में साठ फीसदी कोरोना संक्रमित दूसरे राज्य से आने वाले हैं दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने कहा कि पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बाद टीकाकरण के काम में तेजी आएगी

तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि दो से तीन महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और उससे हमें जो अमी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं आठ हजार केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब करीब सिक्स्टी सिक्स्टी टू थाउजंड केसेज रोज आ रहे हैं तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पायेंगे केन्द्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढ़ोने वाले वाहनों के परमिट में छूट की अवधि बढ़ा दी है इस साल सितंबर तक यह छूट बढ़ाई गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस निर्णय से राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और इन्हें लाने ले जाने में आसानी होगी जिससे कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ा जा सकेगा प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सरकार के पूर्व जानकारी दिये बिना किसी भी तरह की अचल सम्पत्ति को न तो खरीद सकेंगे और नहीं बेच सकेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव पुलिस महानिदेशक प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश और नियमावली भेज दिये गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने यह नियमावली उन्नीस सौ छिहत्तर में ही बनायी थी परंतु इसका अनुपालन नहीं होने के कारण इसे दोबारा जारी किया गया है प्रदेश में कल से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया जा रहा है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कहा है कि आज जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था को लान्च किया जायेगा नई नियम के तहत निबंधन के साथ ही दाखिल खारिज स्वतः हो जायेगा पटना हवाई अड्डा से अब प्रतिदिन छियानवे विमानों का परिचालन होगा पहले अठासी विमानों का ही परिचालन हो रहा था एयर पोर्ट ओथोरिटी ने इस संबंध में शिड्यूल जारी कर दिया है जारी कार्यक्रम के अनुसार चंडीगढ़ सूरत और जयपुर से पटना की हवाई सेवा बंद कर दी गयी है उधर अट्ठाईस मार्च से स्पाइस जेट ने दरभंगा से कोलकाता हैदराबाद और पुणे के लिए हवाई सेवा शुरू की गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई इलाकें में पिछले दो दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है दक्षिण बिहार के अधिकतर इलाकों में पारा अड़तीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांश कुमार ने बताया कि आज प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज हवा चलेगी जिससे प्री मॉनसून की स्थिति बनने की सम्भावना है तापमान सामान्य तौर पर स्थिर बना रहेगा

राजधानी पटना का अधिकतम आपमान उनचालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पंचायत चूनाव में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को दोबारा चूनाव लड़ने की योग्यता की शर्त आज तक पूरी करनी है पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों के मुखिया या वार्ड सदस्यों की ओर से इकतीस मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गयी राशि का ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपा जाता है उन्हें अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दिन की गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के आस पास लॉउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया के दौरान हंगामा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी आपदा प्रबंधन विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचने के उपायों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है विभाग ने नगर विकास विभाग को सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश दिया है विभाग ने गर्मी और लू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के डेहरी तिलौथ्र मुख्य पथ पर बीएमपी पुलिस केंद्र के पास दो बाइक की टक्कर में एक एएसआई की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया मृतक पुलिसकर्मी इंद्रपुरी थाना में पदस्थापित थे बांका जिला के अमरपुर शाहपुर मुख्य मार्ग पर दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी जबकि चार लोग घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर हिन्दुस्तान ने चिंता जाहिर करते हुये शीर्षक दिया है बिहार में डराने लगा संक्रमण का चढ़ता ग्राफ दैनिक जागरण की सुर्खी है शराब मामले में बर्खास्त किये गये पुलिसकर्मियों की बनेगी कुंडली दैनिक भास्कर ने नये वित्तीय वर्ष के साथ आर्थिक मामलों में हो रहे बदलाव को सुर्खी बनाते हुये लिखा है एक अप्रैल से बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर अब बढ़ेगी बचत प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है अप्रैल के अंत तक आधा दर्जन जिलों में शुरू होगी ग्राम उजाला योजना दैनिक आज की सुर्खी है अब रात में ट्रेन में नहीं चार्ज कर पायेंगे मोबाईल और लैपटॉप राष्ट्रीय सहारा ने बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने की खबर को सुर्खी बनायी है

प्रदेश में अब तक सत्ताईस लाख दो हजार से अधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं

और पटना एयर पोर्ट से अब हर दिन छियानवे विमान उड़ान भरेंगे